राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े चौबीस घंटे के दौरान तीन हजार दो सौ नब्बे नये मामले सामने आये सक्रिय मामलों की संख्या सोलह हजार से अधिक हुई प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया शुरू इस चरण के लिये पन्द्रह अप्रैल को डाले जायेंगे वोट प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद के लिये स्थापित किये गये हैं छह हजार क्रय केन्द्र कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है श्रोतओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे देश में सात करोड तीस लाख चौवन हजार से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीस लाख तिरान्नबे हजार से अधिक लोगों को वैक्सीन दी गई है इस बीच देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर तिरान्नबे दशमलव तीन छह प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौबालीस हजार से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए है मंत्रालय ने कहा है कि एक करोड पन्द्रह लाख से अधिक लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं फिलहाल देश में छह लाख अट्ठावन हजार से अधिक संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है यह आंकड़ा कुल संक्रमित मामलों का मात्र पांच दशमलव तीन दो प्रतिशत है

कोरोना परीक्षण की संख्या बढ़ाई गई है और कोविड अस्पतालों में उपचार सुविधाओं को भी बेहतर बनाया गया है राज्य में पांच हजार तीन सौ बान्नबे कन्टनेमेंट जोन हैं

कोविड के लिए टीकाकरण का कार्य दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ उधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या सोलह हजार चार सौ छान्नबे हो गई है राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में प्रदेश में कोरोना से संक्रमित तीन हजार दो सौ नब्बे नये मामले सामने आये हैं उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड टीकाकरण का कार्य सोमवार से शनिवार तक निरन्तर किया जा रहा है अब तक कुल चौसठ लाख अट्ठाईस हजार से अधिक वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा चुकी है

उन्होंने यह मंजूरी तीस मार्च को दी यह नीति स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है विभिन्न पक्षकार पिछले कुछ समय से असाध्य रोगों के प्रदंधन और बचाव के लिए एक व्यापक नीति की मांग कर रहे थे विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों के साथ कई सलाह मशविरों के बाद इस नीति को अंतिम रूप दिया गया है इस नीति का उद्देश्य असाध्य रोगों के इलाज की लागत कम करना और इन पर राष्ट्रीय शोध को बढावा देना है इससे संबंधित दवाइयों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा और इलाज में कम लागत आएगी इस नीति में एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने का भी प्रावधान किया गया है जिसमें संबंधित आंकडे तैयार हो सकेंगे

ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य पद के लिये नामांकन प्रक्रिया आज रविवार को भी चलेगी पहले चरण के चुनाव के लिये भरे गये नामांकन पत्रों की जांच कल और छः अप्रैल को होगी उम्मीदवार अपने नाम सात अप्रैल को सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक वापस ले सकते हैं और इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किये जायेंगे पहले चरण का मतदान पन्द्रह अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चार चरणों में सम्पन्न होंगे पहले चरण के तहत जिन जनपदों में चुनाव होना है जिनमें सहारनपुर गाजियाबाद रामपुर बरेली हाथरस आगरा कानपुर नगर झांसी महोबा प्रयागराज रायबरेली हरदोई अयोध्या श्रावस्ती संतकबीरनगर गोरखपुर जौनपुर और भदोही शामिल है राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर कोविड प्रोटोकाल का पालन करने के लिये गाइड लाइन जारी है गाइड लाइन के अनुसार अगर कोई कोविड संक्रमित रोगी या उसके साथ रह रहा व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत कर सकता है ऐसे व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष खुद नहीं आयेंगे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार कुछ ही वर्षो में बिजली के चालीस से साठ वाट तक के सभी सामान्य बत्बों को एलईडी बत्बों में बदल देगी उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले छह वर्षो में दो अरब सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों में बदला है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बिजनेस कॉन्क्लेव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस पहल से न केवल कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद मिलेगी बल्कि इससे ऊर्जा की भी बचत होगी उन्होंने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक है और वर्तमान में देश की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक सौ छत्तीस गीगावाट है जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि अब तक हुए कार्बन उत्सर्जन में उसका योगदान केवल तीन प्रतिशत है जहां अमरीका और यूरोप का योगदान तीस प्रतिशत और चीन का करीब बीस प्रतिशत है प्रदेश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है एक अप्रैल से प्रदेश भर में गेहूँ की खरीद शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायक्तों और जिलाधिकारियों को गेहूँ क्रय केन्द्रों का समय समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूत्य पर गेहूँ की खरीद के लिये छह हजार क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं किसानों की सुविधा के लिये इस वर्ष ऑन लाइन टोकन की व्यवस्था की गई है किसान अपनी सुविधा के अनुसार अपने राजस्व ग्राम से संबद्व नजदीकी क्रय केन्द्रों पर गेहूँ बेचने के लिये टोकन ऑन लाइन प्राप्त कर सकते हैं क्रय केन्द्रों पर बिना टोकन के भी किसानों से गेहूँ खरीद की व्यवस्था रखी गई है सप्ताह में तीन दिन लघ् और सीमान्त किसानों से ही गेहूँ की खरीद की जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों और रोगियों की मदद करने में उत्तर प्रदेश के नम्बर वन सीएम बन गये हैं योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम एक नया रिकार्ड दर्ज कर लिया है मुख्यमंत्री के प्रयासों से पिछले चार वर्षो में विवेकाधीन कोष के माध्यम से गंभीर रोगियों को करीब दस अरब रूपये की मदद पहुंचाई गई है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं से एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने की अपील की है ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ने ओटीएस योजना की तारीख पन्द्रह अप्रैल तक बढ़ाई है योजना के तहत शहरी घरेलू और ग्रामीण उपभोक्ताओं के बकाया बिल पर सौ प्रतिशत व्याज माफ किया जायेगा